करतारपुर साहिब जाने के लिए भारतीय श्रद्वालुओं को नहीं पड़ेगी वीजा की जरूरत हर दिन जा सकेंगे पांच हजार श्रद्धालु जयपुर के भांकरोटा में पुलिस ने वाहन लूटने और अपहरण करके फिरौती मांगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार कर तीन बंधकों को कराया मुक्त

प्रक्षेपण की नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी

अब करतारपुर साहिब जाने के लिए भारतीय श्रद्वालुओं को वीजा की जरूरत नहीं पडेगी हर दिन लगभग पांच हजार श्रद्वालु करतारपुर साहिब में जाकर मत्था टेक सकेंगे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

राज्य सरकार ने किसानों को बिजली की कटौती के कारण बर्बाद होने वाली फसल से छटकारा दिलाने के लिए कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा तथा उत्थान महाअभियान योजना शुरू की है योजना में किसान शहरों की तर्ज पर खेत में सोलर प्लांट और सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर बेच भी सकेंगे

अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर किसान बची हुई बिजली को बेच कर लाभ कमा सकेंगे ऐसे किसानों की सूची बनाई जा रही है जिनके खेत में बिजली की खपत अधिक होती है

राज्य में अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति और संस्था दोपहर का भोजन करा सकेंगे शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के साथ ही स्कूल में ठहराव के मद्देनजर विभाग ने मिड डे मील में एक और नवाचार किया है जल संरक्षण के उददेश्य से देशभर में चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

आज जिले के विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया जाएगा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 जयपुर में भांकरोटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन लूटने और अपहरण करके फिरौती मांगने वाले अंतर्रोज्यीय गिरोह को गिरफ्तार करके तीन बंधकों को मुक्त कराया है पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने सतर्कता से कार्रवाई करते हुए मौके से एक लुटेर्र को दर्बोचकर उससे पिस्तौल और कारतूस बरामद किये पूछताछ में उसने बताया कि उसके साथियों ने इसी रेजिडेंसी के एक फ्लैट में तीन लोगों का अपहरण करेके उन्हें फिरौती के लिये पिछले सात दिनों से बंधक बनाया हुआ है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

राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में साधारण मारपीट के मामले की जांच करके लौट रहे हैड कांस्टेबल अब्दुल गनी की हत्या करने के पांच आरोपियों को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया उदयपुर की प्लिस महानिरीक्षक विनीता ठाक्र ने ये जानकारी दी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 जयपुर के शास्त्रीनगर में मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी जीवाणु की रिमांड अवधि पूरी होने पर कल शास्त्रीनगर पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया द्ष्कर्म के एक अन्य मामले में पूछताछ े के लिए शास्त्रीनगर पुलिस जीवाणु को फिर से प्रोडेक्शन वारंट पर लेगी बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के घाटोल में एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी

बीकानेर के बीग्गा राम सरा गांव में एक पिकअप की टक्कर से बस स्टेंड पर खड़े युवकी की मृत्यु हो गई बीकानेर के ही बीचवाल में नौ वर्षीय बालक की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई पाली जिले के रोहट में टांके में गिरने से एक बालिका की मौत के समाचार हैं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर परमवीर चक विजेता पीरू सिंह शेखावत की याद में पराकम समारोह आयोजित होगा इस दौरान गार्ड ऑफ ऑर्नर के साथ ही श्रद्वांजलि समारोह का भी कार्यक्रम है इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी मौजूद रहेंगे

आईसीसी वर्ल्ड कप किकेट के रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित किया गया

आखिरकार आईसीसी के नियमानुसार ज्यादा चौके लगाने के कारण इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित किया गया

करतारपूर साहिब जाने के लिए भारतीय श्रद्वालुओं को नहीं पड़ेगी वीजा की जरूरत हर दिन जा सकेंगे पांच हजार श्रद्धालु जयप्र के भांकरोटा में पुलिस ने वाहन लूटने और अपहरण करके फिरौती मांगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार कर तीन बंधकों को कराया मुक्त